उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुना करने में प्राकृतिक खेती महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और प्राकृतिक कृषि को अपनाने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा

शांताकुमार ने कहा कि बलात्कार साबित होने पर दोषियों को सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए और उसे सभी टीवी चैनलों पर दिखाया जाना चाहिए उन्होंने योग व नैतिक शिक्षा को स्कूलों में अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाए जाने पर भी जोर दिया

शीतकालीन सत्र शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान क्षेत्र के लोगों को अपनी समस्याएं मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का मौका मिलता है और मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री इस दौरान लोगों के साथ सीधा सम्पर्क करते हैं धर्मशाला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का दो वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन रहा है और सभी क्षेत्रों का सम्मान रूप से विकास किया गया है